जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसलों को पूरी तरह बताया आंतरिक मामला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मथुरा में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पश् चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पश् रोग नियंत्रण सहित कई कार्यक्रमों की करेंगे शुरूआत करोड़ो रूपये की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास प्रदेश कैबिनेट की बैठक में भीड़ हिंसा में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का निर्णय

भारत ने कहा है कि उसने संक्विन के दायरे में हाल में जो भी उपाय किए हैं उनसे यह सुनिश्चित होगा कि इनका पूरा लाभ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिलेगा भारत ने यह बात दोहराई कि संसद द्वारा पारित अन्य कानूनों की तरह सार्वमौम निर्णय भारत का पूरी तरह आंतरिक मामला है और वह अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दास्त नहीं करेगा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में बयान देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि अस्थाई निवारक और एहतिहाती उपाय सीमापार से आतंकवाद के खतरों को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे विश्व और खासकर भारत ने प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेला है अब समय है कि लोगों की जान के दृश्मन आतंकवादी गृटों के खिलाफ सामूहिक और कड़ी कार्रवाई की जाए हमें आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी सचिव ने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच जम्मू कश्मीर नागरिक प्रशासन बुनियादी सेवाएं आवश्यक आपूर्तियां संस्थानों का सामान्य कामकाज गतिशीलता और लगभग पूर्ण संचार व्यवस्था बनाए हुए है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए भारत और नेपाल के बीच पेट्रोलियम पदार्थो की आपूर्तिकर्ता मोतीहारी अमलेखगंज पाइप लाइन का उदघाटन किया दक्षिण एशिया में दो देशों के बीच इस तरह की ये पहली पाइप लाइन है इस अवसर पर श्री मोदी ने नेपाल के विकास में भारत के पूरे समर्थन की प्रतिबद्दता दोहराते हुए कहा है कि वह उसकी प्राथमिकताओं के अनुरूप उसे सहायता देगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने अनेक महत्वपूर्ण ट्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरा किया है और पिछले पांच वर्षो में पश्पतिनाथ धर्मशाला तथा आई सी पी बीरगंज सहित अनेक परियोजनाओं का श्मारम हुआ है श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में भारत और नेपाल सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर अभूतपूर्व रूप से नजदीक आए हैं भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं

पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच हायेस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अमूतपूर्व नजदीकी आई है और नियमित संपर्क रहा है विकास के लिए हमारी साझेदारी को और सक्रिय बनाने और नए नए क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने नए अवसरों का लाभ भी उठाया है नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मथुरा के पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान में आज से आयोजित होने वाले पश् आरोग्य मेले का शुभारम्म करेंगे और पशुओं के खुरपका मुंहपका और ब्रसलोसिस रोगों की रोकथाम के लिये चलाये जा रहे अभियान की गुरुआत करेंगे इसके साथ ही प्रधानमंत्री मथुरा के विकास के लिए करोड़ो रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे इस दौरान चालीस मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जायेगा प्रधानमंत्री श्री मोदी पॉलीथिन एवं प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के साथ ही स्वच्छता पर्यावरण वर्षाजल संचयन और भूगर्मजल संरक्षण पर जनसहभागिता का भी आह्वान करेंगे प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में हुई बैठक में भीड़ हिंसा में किसी की मौत होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्णय भी लिया गया राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह और श्रीकान्त शर्मा ने मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दी उन्होंने बताया कि मीड़ हिंसा में जान गॅवाने वालों के परिजनों और एसिड हमले समेत अन्य अपराधों के पीड़ितों को पच्चीस प्रतिशत अंतरिम मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि मुआवजे की अंतरिम राहत प्रदान करने का निर्णय उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर लिया गया है सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में धान के सम्थन मूल्य में बीस रूपये प्रति कृन्तल की बढ़ोत्तरी करने को मंजूरी दी गयी है इसके साथ ही धान क्रय नीति के तहत पचास लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है धान खरीद नीति के तहत सामान्य किस्म के धान का समर्थन मूल्य एक हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये प्रति कृत्तल और ग्रेड ए श्रेणी में एक हजार आठ सौ पैंतीस रूपये प्रति कृत्तल निर्धारित किया गया है कैबिनेट मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि बैठक में फिल्म सुपर थर्टी को छूट देने का ऐलान किया गया है कैबिनेट में एक अन्य फैसले में गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ग्राम समाज और अन्य सरकारी भूमि को निशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अक्सर पर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों का विशेष सत्र चलाये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है विशेष सत्र दो अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे से तीन अक्टूबर को देर रात तक चलेगा प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में छः विभिन्न स्थानों पर रक्षा गलियारा बनाने के लिए लगभग तीन हजार एकड़ भूमि उपलब्ध है डिफेंस एक्सपो दो हजार बीस में यह भूमि निवेशकों को दी जा सकती है डिफेंस एक्सपो के आयोजन को लेकर नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हई एपेक्स कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह रक्षा प्रदर्शनी राज्य में सर्वश्रेष्ठ आयोजन सिद्व होगी और कुम्म निवेश सम्मेलन और प्रवासी भारतीय दिवस की तरह ही कुशलता से सम्पन्न होगी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश सरकार डिफेंस और एयरोस्पेस पालिसी पिछले साल ही ला चुकी है भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाली इस विशाल प्रदर्शनी का ग्यारहवां संस्करण अगले वर्ष पाँच से आठ फरवरी तक लंखनऊ में आयोजित किया जायेगा जिसमें विश्व की प्रमुख रक्षा सामग्री निर्माता कम्पनियां भाग लेंगी

देशभर में महिला सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रदेश में पहली बार इसके लिए कल से भर्ती मेला आयोजित होने जा रहा है लखनऊ में सेना के मध्य कमान स्थित भर्ती निदेशालय के निदेशक कर्नल आशुतोष ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि इस भर्ती मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं बैस सितम्बर तक आयोजित होने वाले इस भर्ती मेले को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है इस वेकेन्सी में पूरे देशभर में करीब ढाई लाख लोगों ने अपना आवेदन दिया था और उनमें से तकरीबन एक लाख उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड से रहे हैं तो यह एक नम्बर ही सबसे बड़ा दर्शाता है कि काफी उत्साह है लड़कियों में कि वह इण्डियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं महिला अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भर्ती मेले में विशेष इन्तजाम किये गये हैं सत्य और न्याय की रक्षा के लिए कर्बला में पैगम्बर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में कल प्रदेश भर में मुहर्रम श्रद्वापूर्वक मनाया गया इस अवसर पर ताजिए निकाले गये जिन्हें देर शाम कर्बला में दफन कर दिया गया प्रदेश सरकार ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव सुनील पाण्डेय ने कल लखनऊ में बताया कि वन्य प्राणी सप्ताह का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के परिवेश को सुरक्षित रखने तथा इनके संरक्षण के लिये लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना है